प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज अहमदाबाद मैट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण और सूरत मैट्रो रेल परियोजना की वीडियो कान्फ्रॅसिंग के जरिये आधारशिला रखी इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मैट्रो रेल सेवाओं से देश के प्रमुख व्यापारिक केन्द्र में यातायात सम्पर्क मजबूत होगा प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में बस मैट्रो और रेल परिवहन प्रणालियों को आपस में जोड़कर अत्याध्रनिक परिवहन ढांचा बनाया जा रहा है अब परिवहन सुविधाएं सामूहिक प्रणाली के रूप में कार्य करेंगी और एक दूसरे की पूरक होंगी इस मौके पर गृहमंत्री अमित शाह गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत मुख्यतमंत्री विजय रूपाणी सहित अनेक गण मान्य लोगों ने समारोह में हिस्सा लिया

केन्द्र ने अब हर राज्य के टीकाकरण के दिन निश्चित किए हैं इसके तहत राज्य के सभी सेंटरों पर आज से सप्ताह में चार दिन टीकाकरण किया जाएगा इनमें सोमवार मंगलवार ब्धवार और शुक्रवार शामिल है रांची स्थित रिम्स को भी वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है रांची में तीन वैक्सीनेशन सेंटर जबकि अन्य जिलों में दो दो केंद्र बनाए गए हैं

इधर राज्य में शनिवार को वैक्सीन लेने वाले किसी भी हेल्थ वर्कर में साइट इफेक्ट का मामला सामने नहीं आया है राज्य प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉ अजीत ने बताया कि टीका लेने वाले सभी हेल्थ वर्कर स्वस्थ हैं उनके स्वास्थ्य पर निगरानी रखी जा रही है

कोरोना की रिकवरी रेट अनठानबे दशमलव शुन्य छह प्रतिशत हो गई है

राहत की बात यह रही कि कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई

इनमें एक हजार दो सौ पचीस सक्रिय केस हैं जबकि एक लाख पंद्रह हजार चार सौ ग्यारह मरीज ठीक हुए हैं अब तक राज्य में एक हजार पचास लोगों की मौत कोरोना से हुई हैं अबतक पचास लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई है कल दस हजार से अधिक कोविड टेस्ट हुए

राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली दौरे पर हैं आज उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह कांग्रेस सांसद धीरज साहू भी मौजूद रहे मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने बताया कि सहयोगी दलों के साथ झारखंड के विकास के रोड मैंप को लेकर चर्चा हई

यह बैठक इस वर्ष जून में होगी

इससे पहले श्री जॉनसन ने ब्रिटेन में कोरोना वायरस की स्थिति के कारण भारत की यात्रा रद्द कर दी थी

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जॉनसन इस अवसर का उपयोग प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सहित अन्य नेताओं से कोरोना वायरस के बाद स्थिति को बेहतर करने और भविष्य को अधिक समृद्ध बनाने के बारे में विचार विमर्श के लिए करेंगे

उद्वाटन समारोह नई दिल्ली में होगा तथा रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ करेंगे सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्यमंत्री जनरल वी के सिंह और नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे इधर रांची के मोरहाबादी मैदान में लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए बाइक रैली निकाली गई संसद में आम बजट एक फरवरी को पेश किया जाएगा

ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने लोगों से अपने प्रेरक सुझाव साझा करने का आग्रह किया है प्रधानमंत्री ने कहा कि कार्यक्रम में उनमें से कुछ विचारों पर चर्चा भी करेंगे लोग नमो ऐप या माई गोव ओपन फोरम पर भी अपने विचार साझा कर सकते हैं

जनजातीय मामलों के केन्द्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज रांची में बिरसा मुंडा म्यूजियम के चल रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण किया उन्होंने अधिकारियों को बचे काम को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया

डॉ सिंह ने मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए कृछ महत्वपूर्ण सुधारों का जिक्र करते हुए कहा कि पेंशन विभाग को अक्सर वरिष्ठ नागरिकों की शिकायतें मिलती थीं कि उनके पेंशन भुगतान आदेश की मूल प्रतियां गायब हो गई हैं उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में पेंशनभोगियों विशेष रूप से वृद्ध पेंशनभोगियों को काफी मुश्किलें होती थीं डॉ सिंह ने पेंशन विभाग के उन अधिकारियों को बधाई दी जिन्होंने कोविड महामारी के दौरान इलेक्ट्रॉनिक पेंशन पेमेंट आर्डर को सफलतापूर्वक शुरू किया यह प्रणाली कई पेंशन भोगियों के लिए वरदान साबित हुई है उन्होंने कहा कि महामारी के कारण पेंशनभोगियों को हो रही कठिनाइयों के मद्देनजर पूरी प्रक्रिया तय समयसीमा से बहुत पहले पूरी हो गई थी केन्द्र सरकार ने कहा है कि मौजूदा खरीफ विपणन मौसम में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद से उनासी लाख से अधिक किसानों को लाभ पहुंचा है इसके लिए सरकार ने किसानों को एक लाख छह हजार करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया है कृषि मंत्रालय ने कहा कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की मौजूदा नीति के आधार पर खरीफ फसलों की खरीद कर रही है

खेल मंत्रालय ने भारतीय खेल प्राधिकरण साइ के आगामी और आध्निक स्वरूप पाने वाले खेल सुविधा केंद्रों के नाम देश के प्रसिद्ध खिलाड़ियों के नाम पर रखने का फैसला किया है

खेल मंत्री कीरेन रीजीजू ने कहा देश में खेल संस्कृति के विकास के लिये यह महत्वपूर्ण है कि हमारे खिलाड़ियों को वह सम्मान मिले जिसके वे हकदार हैं

बच्ची छह दिनों से लापता थी इस संबंध में परिजनों ने थाना में बच्ची का अपहरण का मामला दर्ज कराया था परिजनों ने हत्या कर शव को फेंकने का आरोप लगाया है पुलिस शव को कब्जे में लेकर घटना के हर पहलुओं की जांच में जुट गई है

न्यूनतम तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है हालांकि लोगों को ठंड से अभी राहत नहीं मिली है

इससे सर्दी में थोड़ी कमी आएगी मौसम विभाग के अनुसार ओडिशा और पूर्वी बांग्लादेश में साइक्लोनिक सर्कूलेशन बना हुआ है इस वजह से दो तीन दिनों तक बादल छाए रहेंगे समुद्री बादलों की आवाजाही से गर्म हवा आएगी और इससे तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी संभव है बुधवार तक राहत के बाद गुरुवार से मौसम एक बार फिर सर्द होने का अनुमान है